श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का दिया नारा

एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया

पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक रही भागीदारी

अगले पांच दिनों में पारा और नीचे गिरने की सम्भावना बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अपने ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में राज्य में चुनाव रैलियों के दौरान बिहार के भाई बहनों से मुलाकात का मौका मिला है उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवान और महिलाएं हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं और उन्हें गठबंधन से बड़ी आशाएं हैं श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के युवाओं को सुरक्षा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया योजनाओं के तहत बिहार को एक लाख करोड़ रूपये दिये जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग हमेशा स्थानीय वस्तुओं यानी लोकल के लिए वोकल रहे हैं और एनडीए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान कायम रखने को वचनबद्ध है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के अन्तर्गत राज्य में कानून के शासन को बनाये रखने गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करने यूवाओं को अवसर उपलब्ध कराने महिलाओं की सुरक्षा के लक्ष्य के साथ साथ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने का भी लक्ष्य है तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चूनाव तथा वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जायेगा एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस सिलसिले में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड़डा हायाघाट और जाले विधानसभा क्षेत्रों दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बेनीपट्टी और बलरामपूर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव कटिहार और मधेपुरा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पूर्वी चम्पारण वरिष्ठ नेता बाबू लाल मरांडी पूर्णियां और कटिहार तथा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी सीतामढ़ी और दरभंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दरभंगा समस्तीपुर और मधुबनी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा और रोड शो करने का कार्यक्रम है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार और पूर्णियां जिले में पांच जनसभाओं को संबोधित करेंगे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुर और दरभंगा समेत अन्य जिलों के सत्रह विधानसभा क्षेत्रों में चूनावी रैलियों को संबोधित करेंगे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान सुपौल मधेपुरा पूर्णियां और समस्तीपुर जिले में आठ सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा ने आरोप लगाया है कि राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अपने झूठे वायदों से राज्य के लोगों को गुमराह कर रहे हैं श्री नड्डा ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार ने प्रगति के नये मानदंड स्थापित किये हैं उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला उनका सबसे अधिक ध्यान राज्य में कानून व्यवस्था और मूल भूत सुविधाओं के विकास पर रहा है और अब यह सभी तरफ दिख रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि महागठबंधन सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है जबकि एनडीए भारत के हर परिवार के विषय में सोचता है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार पर किसान और मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आम लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचती है भाकपा माले के दीपंकर भट़टाचार्य रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया विधानसभा की अठहत्तर सीटों पर तीसरे और अंतिम चरण में सात नवंबर को मतदान होगा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में सीमांचल कोसी तिरहुत और चम्पारण क्षेत्र के विधानसभा सीटों पर मतदान होना है चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सीटों पर एक सौ दस महिला और एक हजार चौरानवे पुरुष प्रत्याशी समेत एक हजार दो सौ चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक इकतीस वहीं चिरैया त्रिवेणीगंज जोकीहाट और बहाद्रगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम नौ प्रत्याशी चूनाव मैदान में हैं आयोग के अनुसार तैंतीस हजार सात सौ बयासी मतदान केंद्र पर दो करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव के लिए भी तैयारियां प्ररी को च्रकी है निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुये मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है इस चरण के तहत चौरानवे विधानसभा सीटों के लिए पचपन दशमलव सात शून्य प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चूनाव की तुलना में लगभग एक प्रतिशत अधिक है इस चरण में पूरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की अधिक सहभागिता रही बावन दशमलव नौ दो प्रतिशत प्रुषों ने वोट किया जबकि महिलाओं का मत प्रतिशत अंठावन दशमलव आठ शून्य रहा मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक पैंसठ दशमलव एक शून्य प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की भागीदारी सबसे कम पैंतीस दशमलव छह नौ प्रतिशत रही चुनावी सभाओं में हंगामे की घटनाओं को देखते हुये पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को जनसभाओं में आने वाली भीड़ के बेहतर प्रबंधन और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं निर्वाचन आयोग बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आज से विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों और संगठनों के लिए तीन दिन का अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम आरंभ कर रहा है आयोग ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान चुनाव प्रक्रिया संचालित करने की श्रेष्ठ पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने का यह एक बेहतरीन अवसर है कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे शनिवार को प्रतिभागियों को बिहार के मतदान केन्द्रों का वर्च्यअल दौरा कराया जायेगा जिसमें उन्हें च्रनाव प्रक्रिया और मतदान प्रबंधों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा प्रदेशभर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों में तापमान में और गिरावट आयेगी और औसत तापमान चौदह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जायेगा हालांकि दिन का तापमान तीस डिग्री सेल्सियस के आस पास बना रहेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अब तक छियानवे दशमलव पांच प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख ग्यारह हजार आठ सौ इकतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सोनबरसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित चिकित्सक प्रमोद कुमार गौतम समेत पांच लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार एक सौ तेरह हो गया है राज्य में अभी सक्रिय मामलों की संख्या छह हजार पांच सौ साठ है एक सौ अठारह दिन के बाद कल पटना में सौ से कम मात्र अंठानवे मरीज मिले हैं पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का देर शाम उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले के सतीशनगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सम्पन्न हुआ इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरीय पदाधिकारी और राजनीतिक जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे उनका दो नवम्बर को कोरोना से दिल्ली में निधन हो गया था

इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल पांच जुलाई को पूरे देश के एक सौ बारह शहरों में होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अब यह परीक्षा बिहार के बेगूसराय गोपालगंज पूर्णिया और रोहतास में भी आयोजित होगी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है यह परीक्षा सत्ताईस नवम्बर से शुरू होगी वहीं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए एक दिसम्बर से और बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सात दिसम्बर से आयोजित की जायेगी इन परीक्षाओं का आयोजन पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में होगा पूर्व मध्य रेल दीपावली और छठ पूजा को देखते हुये आज से जमशेदपुर से छपरा स्टेशन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है इस ट्रेन में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड उन्नीस के मानकों का पालन करना होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट और आज समाप्त हो रहे तीसरे चरण के चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है कानून का राज और गरीबों का कल्याण लक्ष्य पीएम प्रभात खबर ने लिखा है अंतिम फेज की अठहत्तर सीटों के लिए सभी ने लगायी पूरी ताकत आर या पार को सब हैं तैयार दैनिक जागरण ने लिखा है दूसरे चरण में महिला वोटरों ने दिखाया उत्साह पुरूषों से छह फीसदी अधिक किया मतदान दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिक्षक बहाली में डीएलएड और बीएड को बराबर मानकर बनाये मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने अमेरीका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का दिया नारा

एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया

पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक रही भागीदारी

अगले पांच दिनों में पारा और नीचे गिरने की सम्भावना